वस्तु और सेवाकर यानी जीएसटी परिषद् की कल नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में पांच अहम फैसले लिये गये परिषद ने पंजीकरण के नियमों को सरल बना दिया है पहले लोगों को अनेक दस्तावेज जमा करने होते थे अब आधार के इस्तेमाल से व्यापारियों को अनेक लाभ होंगे राजस्व सचिव अजय भूषण पाण्डेय ने पत्रकारों को बताया कि जी एस टी परिषद ने उन इकाइयों पर दस प्रतिशत का जुर्माना लगाने को मंजूरी दे दी है जो जी एस टी दरो में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचायेंगे उन्होंने कहा कि परिषद् ने जी एस टी के तहत दाखिल किए जाने वाले वार्षिक विवरण की अंतिम तारीख दो महीने के लिए बढ़ा दी है

राजस्व सचिव ने कहा कि परिषद् ने इलेक्ट्रॉनिक इनवॉयसिंग प्रणाली और मल्टीप्लैक्स में इलेक्ट्रॉनिक टिकट प्रणाली लागू करने को सैद्वान्तिक मंजूरी दे दी है अब मल्टीप्लैक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक टिकट जारी करना अनिवार्य हो गया है परिषद ने जी एस टी मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण का कार्यकाल भी दो साल के लिए बढ़ाने का भी निर्णय लिया है

जैसे ही विधि मंत्री विधेयक पेश करने के लिए खड़े हुए विपक्षी सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई विपक्षी दलों ने बिल को असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण बताया इस पर विधि मंत्री ने कहा कि नव निर्वाचित सदन में विधेयक फिर से लाया जा रहा है जो स्वीकृत नियमों के अंतर्गत सही है उन्होंने कहा कि देश में तीन तलाक के मामले बढ़ रहे हैं और यह विधेयक महिलाओं को न्याय और अधिकार प्रदान करेगा

श्री जावड़ेकर ने अन्य प्रश्नों के जवाब में कहा कि सरकार ने भ्रामक विज्ञापनों के मामलों को निपटाने के लिए संस्थागत व्यवस्था बनाई है उन्होंने कहा कि सरकार देश में टेलीविजन सहित विभिन्न जन संचार माध्यमों में बढ़ रहे भ्रामक विज्ञापनों पर नजर रखती है

अध्यक्ष चुने जाने के बाद पहली बार मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि संसदीय समितियों में सार्थक संवाद से सदन की कार्यवाही और अधिक समृद्ध होगी

इस बारे में कल अजमेर में जिला स्तरीय खनन समीक्षा समिति की बैठक में चिकित्सा मंत्री रघ् शर्मा ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये

वहीं खनन प्रभावित क्षेत्रों में करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराए जाएंगे उन्होंने कहा कि खनन से सबसे ज्यादा पीड़ित सिलीकोसिस बीमारी के लोग है उन्हें तुरन्त राहत दी जानी चाहिए

इसमें राजस्थान में आईटी क्षेत्र में नवाचारों पर अहम जानकारियां दी गई

प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम के जरिये मन की बात के लिए सुझाव और विचार मांगे हैं

ये लोग एक ही परिवार के थे

बांसवाडा जिले के लम्बापाटिया गांव में कल बिजली सुधार का कार्य करते समय एक बिजलीकर्मी की करंट लगने से मृत्यु हो गई

वहीं किसानों के चेहरे पर भी मुस्कान आई है

ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर तीन बजे से होगा भारतीय टीम अपने चार में से तीन मुकाबले जीतकर अंक तालिका में चौथे नम्बर पर बनी हई है जबकि अफगानिस्तान की टीम ने अब तक अपने सभी पांचो मुकाबले हारे है वह इस तालिका में सबसे निचले पायदान पर है भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के अंगूठे में चोट लगने के कारण वह ट्र्नामेंट से बाहर हो गये है

महाकुंभ के आयोजन सचिव नेमी गूर्जर के अनुसार तीन दिन के इस महाकृभ में कबड़डी ताइक्वांडों बैडमिंटन क्रिकेट खो खो और तैराकी सहित कई अन्य प्रतियोगिताएं होगी